्र प्रदेश में आज कई स्थानों पर भारी बारिश हुई राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश से जन जीवन हुआ प्रभावित राज्य की गहलोत सरकार ने आज विधानसभा में ध्यनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया

विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास मत लाने का प्रस्ताव रखा इसके बाद विश्वास मत पर बहस की शुरूआत करते हुए श्री धारीवाल ने कहा कि आज की कार्यवाही पर राज्य के अलावा पूरे देश की निगाहें भी टिकीं हई हैं बहस में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया माकपा विधायक बलराम पुनिया निदर्लीय विधायक संयम लोढा सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों पैदा हुए राजनीतिक हालात से भाजपा का कोई सम्बन्ध नहीं है

श्री कटारिया ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुलिस का दुरूपयोग करने का आरोप भी लगाया प्रतिपक्ष के नेता ने राज्य सरकार पर कोरोना के समय में अनदेखी करने का भी आरोप लगाया चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे घटनाक्रम का जिस खूबसूरती से समापन हुआ उससे विपक्षी दल भाजपा को झटका लगा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय राज्य सरकार द्वारा किये गये कामों को न केवल पूरे देश में बल्कि पुरी दनिया में सराहा गया है उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लडाई में सरकार ने पक्ष विपक्ष के साथ हर वर्ग को साथ लिया है

सदन में आज कई मौके पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोक झोंक भी हुई

इस मौके पर दिल्ली में लाल किले पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झण्डारोहण कर जनता को सम्बोधित करेंगे

सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को ध्यान में रखते सभी संभाग के आयक्तों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की श्भकामनाएं दी हैं

यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात साढे नौ बजे से किया जायेगा

ये पदक अगले साल स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदान किये जायेंगे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त और उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यमंत्री सुरक्षा और सतर्कता संजय श्रोत्रिय को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है

इस मौके पर आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग अपने श्रोताओं को भी शामिल करना चाहता है

अब तक हमें बहत सारे श्रोताओं के संदेश मिले हैं

इसके अलावा बोर्ड ने आपात जोखिम बफर को साढे पांच प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया है रिजर्य बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में आज हुई बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया

राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी जमा होने से जन जीवन प्रभावित हुआ है जगह जगह वाहन अटके इए दिखाई दिये वहीं जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ का एक हिस्सा ट्रेटकर सड़क पर आने से यातायात बाधित हुआ है बारिश के दौरान पुलिस की एसडीआरएफ टीम ने प्रमावित क्षेत्रों में राहत कार्य किये ढेहर का बालाजी रेलवे स्टेशन के सरकारी क्वाटर्स में भरे आठ दस फ्ट पानी से तीस लोगों को बाहर निकाला गया

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर में सुबह तीन घंटे के दौरान अत्यधिक बारिश हुई है